बैठक में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए आपूर्ति श्रृंखला और वस्तुओं के परिवहन संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा हुई प्रधानमंत्री कार्यालय ने आश्वासन दिया कि समी संबंधित पक्षों के फायदे के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं अधिकारियों को किसानों की सहायता के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए अपनी उपज बेच सकें बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि केंद्र प्रवासी मजदूरों और बेघर लोगों जैसे वांछित समूहों के आवास की व्यवस्था के लिए राज्य और जिला स्तर पर निगरानी कर रहा है अधिकारियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आर्थिक राहत पैकेज के जरिए कल्याण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में अवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाये सील किये गये हॉट स्पॉट इलाकों में केवल मेडिकल सैनिटाईजेशन टीमों और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों को ही आवागमन की अनुमति दी जाये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि ऐसे जनपद जहां कोविड नाइन्टीन के मामले संसूचित नहीं हुए है वहां होम कॉरन्टीन या संस्थागत कॉरन्टीन में रखे गये संदिग्ध मामलों की जांच करा कर संवेदनशील मामलों को आइसोलेट किया जाये मुख्यमंत्री ने कोविड नाइन्टीन संक्रमण के उपचार के लिये स्थापित लेवल एक लेवल दो और लेवल तीन अस्पतालों को और सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए कहा कि लेवल तीन अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थागत कॉरन्टीन की अवधि पूरी कर चुके व्यक्तियों को चौदह दिन के होम कॉरन्टीन में भेजा जाए और उनके लिये आवश्यक रूप से राशन की व्यवस्था की जाये मुख्यमंत्री ने राशन वितरण और बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के निर्देश भी दिये गृह मंत्रालय ने इस महीने त्यौहारों को देखते हुए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से पूर्णबंदी का सख्ती से पालन करने को कहा है साथ ही किसी भी तरह की सामाजिक या धार्मिक सभा और रैलियों की अनुमति नहीं देने को कहा है राज्यों से कानून व्यवस्था शांति और सद्भाव बनाये रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाने को भी कहा गया है सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाये रखने और आपत्तिजनक तथा फर्जी खबरों पर रोक लगाने को भी कहा गया है गृह मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि लॉकडाउन के अनुपालन में प्रशासन सामाजिक और धार्मिक संगठनों तथा प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग लें

एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस के विरूद्व लड़ाई में काफी उपयोगी है इस ऐप के जरिए स्वयं को होने वाले कोविड नाइन्टीन के संक्रमण के खतरे का पता लगाया जा सकता है

सोशल डिस्टेंसिंग न अपनाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी अपर मुख्य सचिव सूचना और गृह अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में पत्रकारों से वार्ता में बताया कि राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर को आवश्यक कर दिया गया है और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन से संबंधित फेक न्यूज या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी उन्होंने लोगों से घर से बाहर निकलते समय अनिवार्य रूप से फेस कवर या मास्क लगाने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि मास्क न होने पर गमछा या अन्य कपड़ा इस्तेमाल किया जाना चाहिये

इसी कड़ी में कल उन छोटे दुकानदारों और कामगारों के खाते में एक एक हजार रूपये की रकम सरकार द्वारा डाली गई जिनकी आमदनी पूर्ण बन्दी के दौरान प्रभावित हुई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी इलाके के चार लाख इक्यासी हजार से अधिक छोटे द्कानदारों के खाते में ई भुगतान किया है इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उन सभी गरीबों का ख्याल रख रही है जिनकी आजीविका पर पूर्ण बन्दी का असर पड़ा है पहले चरण में ग्यारह लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के खाते में एक हजार रूपये भेजे गये हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत लोगों को अनाज और आर्थिक मदद के साथ ही मुफ्त एल पी जी सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि प्रदेश में अट्ठासी लाख मनरेगा श्रमिकों के मानदेय को बढ़ाकर दो सौ दो रूपये किया गया है

कल मिले तेईस कोरोना पॉजिटिव में से इक्कीस तबलीगी जमात से जुड़े हैं मेरठ में कल छः नए रोगियों में संक्रमण का पता लगा जिसके बाद जिले में कोरोना वायरस के क्ल चौवालीस मरीज हो गए हैं आगरा में पांच नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद मरीजों की कुल संख्या बढ़कर अट्ठासी हो गई है गौतमबुद्ध नगर में एक मरीज मिला जिसके बाद यहां संक्रमित व्यक्तियों की संख्या चौंसठ हो गई हापुड़ में कल तीन नए मरीज मिलने के बाद कुल रोगियों की संख्या छः हो गई है अमरोहा में पांच व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पृष्टि हुई जिले में अब तक कुल सात मरीज कोरोना से संक्रमित हैं इसके अलावा रामपुर औरैया और बस्ती में भी कल एक एक व्यक्ति में कोविड नाइन्टीन की पृष्टि हुई

स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में कहा कि हर नागरिक को जागरुक और सतर्क रहने की जरूरत है

उन्होंने कहा कि एकत्र किए गए नमूनों के आधार पर स्पष्ट होता है कि संक्रमण की दर अधिक नहीं है श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है देश में एक करोड़ गोलियों की आवश्यकता है और अभी सवा तीन करोड़ से अधिक गोलियों का भण्डार है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कल नई दिल्ली में भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरूआत की सप्ताह भर चलने वाला यह अभियान आम जनता के विचार जानने के लिए शुरू किया गया है इस अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को दूर करने और उपलब्ध डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में अपने विचार साझा करने के लिए कहा गया है इस संबंध में सुझाव भारत पढ़े ऑनलाइन डॉट एमएचआरडी ऐट जीमेल डॉट कॉम पर या हैशटैग भारत पढ़े ऑनलाइन का उपयोग कर टिवटर पर सोलह अप्रैल तक भेजे जा सकते हैं

चिनहट की रहने वाली साक्षी यादव ने कल अपने गुल्लक की सारी जमा प्रंजी ग्यारह हजार रूपये एडीसीपी लखनऊ चिरंजीवी नाथ सिन्हा को सौंप दी श्री सिन्हा ने साक्षी के योगदान और उनकी भावनाओं की सराहना करते हए कहा कि यह रकम प्रधानमंत्री केयर्स फंड में जमा कर दी जायेगी केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही उस ऑडियो क्लिप का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि सब्जी विक्रेता सब्जियों और फलों पर थूक कर या उन्हें चाट कर कोविड नाइन्टीन संक्रमण फैला रहे हैं पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि ये दावा झठा है और इससे समाज में सौहार्द्र भंग करने की कोशिश की जा रही है

आयोग ने लोगों से आग्रह किया है कि व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजकर ऐसे मामलों की रिपोर्ट करें ताकि संकट में फंसी महिलाओं की सहायता की जा सके